यह दिन शिक्षाविद् और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है

इनमें प्रदेश के दो शिक्षक भी शामिल हैं छिंदवाड़ा के शिक्षक शाहिद अंसारी और टीकमगढ़ के शिक्षक संजय जैन शामिल हैं

शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि शिक्षक ही वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं जो हमारे बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि केवल अच्छी इमारत महंगे उपकरण या सुविधाए ही एक अच्छे स्कूल का निर्माण नहीं करते हैं उन्होंने कहा कि शिक्षकों का समर्पण एक अच्छा स्कूल बनाने का महत्वपूर्ण पहलू है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बघाई देते हुए कहा है कि समाज को गढ़ने का महत्वपूर्ण काम शिक्षक ही करते हैं मुख्यमंत्री आज शाम पांच बजे शिक्षकों से संवाद करेंगे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को बघाई दी है

कोरोना संकमण के दौरान इन चुनावों को लेकर आयोग पहले ही दिशानिर्देश जारी कर चुका है इनमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों को जहां जनसंपर्क के लिये सीमित लोगों के साथ अनुमति दी जाएगी वहीं प्रत्याशियों से ऑनलाइन नामांकन लिये जाएंगे मतदाताओं को मतदान के दौरान मॉस्क और सैनेटाइजर के साथ साथ लोगों को उचित दूरी का पालन भी करना होगा

पन्ना में आज चार नये मरीज मिले

सिवनी में चार नये मरीज मिले हैं

उधर कटनी में नगर निगम के पूर्व कमिश्नर की कोरोना से मौत हो गई

यहां रविवार का लॉकडाउन हटाए जाने के बाद अब जिला प्रशासन ने रात का कर्फ्य भी हटाने के आदेश जारी कर दिये हैं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि राजघानी में अब समी गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह ही होंगी शासकीय कार्यालयों में भी सभी कर्मचारियों को काम पर उपस्थित होना होगा

जावड़ेकर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सरकार नई शिक्षा नीति में व्यक्त की गई प्रतिबद्वता के अनुरूप शोध और नवोन्मेष के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध करायेगी शिक्षक दिवस के अवसर पर अध्यापकों को धन्यवाद देते हुए मुम्बई के पार्ले तिलक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्य्म से शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार शोध कार्य को बढावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मद में बडी मात्रा में धनराशि जारी की जायेगी

उन्होंने आल्हा उदल और हरदौल की कथा सहित बुंदेली लोकगीतों को जन जन तक पहुंचाया